लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा करने की संभावना

सत्ताईस हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने की दी गयी अनुमति

वाहन चालकों के लिए मास्क किया गया अनिवार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद सुबह दस बजे राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे उम्मीद जतायी जा रही है कि प्रधानमंत्री लॉक डाउन की अवधि आगे बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इक्कीस दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन आज खत्म हो रहा है

अपने वीडियो संदेश में भी प्रयानमंत्री नेकोरोना वायरस को पराजित करने और देश की सामूहिक प्रतिबद्वता दिखाने के लिए लोगों सेऽ अप्रैल को रात को नौ बजे नौ मिनट तक अपने घरों की बत्तियां वुझाकर दीपक मोमबत्तीया मोबाइल फोन की टॉर्च जलाने की अपील की थी श्री मोदी ने रानिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसके जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी और इस दौरान कई राज्यों नेलॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह बढ़ाने का आग्रह किया था

सुपर्ना सेकिया के साथ आनंद कुमार आकाशवानी समाचार दिल्ली बिहार सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुजन के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत फिर से काम शुरू करने का फैसला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न प्रमंडल के आयुक्तों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि काम के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों और व्यक्तिगत स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जायेगा

इच्छुक कारखाना संचालकों को उत्पादन शुरू करने के लिए उद्योग विभाग को एक आवेदन देना होगा किर्गिस्तान कजाकिस्तान और मलेशिया से पर्यटक वीजा पर पटना आकर धार्मिक प्रचार करने वाले सत्रह जमातियों को पुलिस ने क्वारंटीन की अवधि पूरी होने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है स्थानीय लोगों की सूचना के बाद इन सभी को दीघा और फूलवारीशरीफ स्थित मस्जिदों से पिछले दिनों निगरानी में लिया गया था पटना रेंज के आईजी संजय सिंह ने बताया कि जेल भेजे गये जमातियों में से नौ किर्गिस्तान एक कजाकिस्तान और सात मलेशिया के रहने वाले हैं इन सभी के ऊपर वीजा नियमों का उल्लंघन करने और पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं देने का आरोप है उन्होंने बताया कि सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है राज्य सरकार ने लॉक डाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए बिना किसी इमरजेंसी और बिना आधिकारिक पास के निजी गाड़ियों के परिचालन पर पाबंदी लगा दी है इस पाबंदी के तहत दो पहिया वाहनों को भी शामिल किया गया है प्रतिबंध में मीडिया से जुड़े लोगों को छूट दी गयी है सरकारी स्वास्थ्यकर्मियों को अपने अस्पताल के अधीक्षक से पास लेना होगा वहीं निजी चिकित्सा कर्मियों को अपने प्रबंधन की ओर से जारी पास का उपयोग करना होगा परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि निजी वाहन से राशन सब्जी और दूध जैसे आवश्यक सामानों की खरीद के लिए बाहर निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन को संबंधित सक्षम प्राधिकार से पास लेना होगा इमरजेंसी की स्थिति में लोग सर्विस ऑनलाईन डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन पर जा कर पास बनवा सकते हैं दो पहिया वाहन पर एक तथा कार में ड्राईवर समेत तीन लोगों को बैठने की अनुमति होगी वहीं वाहन चालकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है पेट्रोल पंप पर उन्हीं लोगों को पेट्रोल दिया जायेगा जो मास्क पहने होंगे साथ ही पेट्रोल पंपकर्मियों के लिए भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है देश के पन्द्रह राज्यों के पच्चीस जिलों में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रयासों के कारण पिछले चौदह दिनों में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी

हम ये सुनिरियत करे कि आने वाले दिनों मेशी इन जिलों में कोई नया केता न आए गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पूण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के उपायों को लागू करने के लिए निरंतर काम कर रही है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लागू करने में सेवानिवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक और एनसीसी कैडेट तथा अन्य विभागों के अधिकारी भी पुलिस की सहायता कर रहे हैं गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के लिए राज्यों को पत्र लिखा है उन्होंने कहा कि ट्रकों और मालवाहक वाहनों के किसी राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमति दी गई है

खाली ट्रक्स और गुडकैरियर्स भी अलाउड है क्योंकि ये गुड्स को पिकअप करने जाते हैं या गुड्स की डिलिवरीकरने के बाद वापिस आते हैं ट्रक में ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति परमिटिड है मंत्रालय ने स्थानीय अधिकारियों से कहा है कि ट्रक चालक और हेल्पर को अपने घरों से ट्रक तक जाने की सुविधा दी जाए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को ऐसी कम्पनियों के कर्मियों को पास जारी करने चाहिए जिन्हें लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य की सीमाओं के निकट विनिर्माण इकाईयों के कामकाज में कोई बाधा न हो रेलवे हवाई अड्डों बंदरगाहों और सीमा शुल्क अधिकारियों को अपने कर्मचारियों तथा अनुबंधित मजदूरों को पास जारी करने का अधिकार दिया गया है

वेयर हाउसिज कोल्ड स्टोरेज को मी बाधारहित तरीके से ऑपरेट करने देना चाहिए

राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को लॉक डाउन की अवधि में अभिभावकों से शुल्क लेने पर रोक लगा दी है शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे विद्यालय जो ऑनलाईन कक्षा संचालित कर रहे हैं वे केवल शैक्षणिक शुल्क ही ले सकते हैं इससे पूर्व विभाग ने निजी विद्यालयों को परिवहन शुल्क नहीं लेने का आदेश जारी किया था राज्य सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी बिहारियों के लिए पचास करोड़ रूपये का और आवंटन किया है इससे पूर्व भी प्रवासी बिहारियों की सहायता के लिए एक सौ करोड़ रूपये जारी किये गये थे गौरतलब है कि राज्य सरकार बिहार से बाहर फंसे अपने लोगों को एक एक हजार रूपये की सहायता उपलब्ध करा रही है अब तक पांच लाख पचहत्तर हजार लोगों को सहायता राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है वहीं दस लाख से अधिक लोगों ने सहायता के लिए आवेदन किया है राज्य सरकार ने राजस्थान के कोटा से बिहार के लोगों को निजी वाहनों से यात्रा करने की दी गयी अनुमति पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है मुख्य सचिव द्वारा लिखे गये इस पत्र में कहा गया है कि इस प्रकार की अनुमति देना लॉक डाउन का उल्लंघन है और इससे कोरोना के प्रसार की आशंका बढ़ती है राज्य सरकार ने खैनी गूटखा पान मसाला जर्दा और पान जैसे किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद खाकर सार्वजनिक जगहों पर थ्रकने पर प्रतिबंध लगा दिया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसा करते पाए जाने पर छह महीने जेल और दो सौ रूपये अर्थदंड तक की सजा हो सकती है गौरतलब है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड उन्नीस की रोकथाम के लिए तंबाकू उत्पाद खाकर सार्वजनिक जगहों पर थ्रकने पर प्रतिबंध लगाने का परामर्श जारी किया था पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में दो मरीजों में कोरोना संक्रमण की पूष्टि होने के साथ ही इस वैश्विक महामारी से प्रभावितों की संख्या बढ़कर छियासठ हो गई है कल बेगूसराय और नवादा के एक एक मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है नवादा में जिस मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई है वह इक्कीस मार्च को दुबई से लौटा है इधर प्रदेश में अब तक उनतीस मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित हो चुके हैं राज्य स्वास्थ्य समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान सात मरीजों को डिस्चार्ज किया गया कोरोना प्रभावित छह जिले पटना सारण मुंगेर लखीसराय और भागलपुर के सभी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं अभी छत्तीस मरीजों का इलाज चल रहा है जिसमें सबसे अधिक तेईस मरीज सिवान जिले के हैं बेगूसराय के सात नवादा के तीन गया के दो और गोपालगंज के एक मरीज का उपचार चल रहा है गौरतलब है कि प्रदेश में कल तक सात हजार दो सौ तिरसठ नमूनों की जांच की गई है जिसमें छियासठ लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इनमें से मुंगेर के एक मरीज की मौत हो चुकी है इधर देश भर में कोरोना संक्रमण के प्रष्ट मामलों की संख्या बढ़कर नौ हजार तीन सौ बावन हो गयी है इनमें से नौ सौ उनासी लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि तीन सौ चौबीस लोगों की मौत हो गयी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कोरोना संक्रमण के हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित सिवान नालंदा नवादा और बेगूसराय जिले में घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में श्री पांडेय ने साठ वर्ष से अधिक आयु वाले हर व्यक्ति का ब्यौरा प्राप्त करने का भी निर्देश दिया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पत्रकारों से कोरोना महामारी को देखते हुए सभी एहतियाती सावधानियां बरतने की अपील की है

इसमें जैसे डॉक्टर नर्सेज सफाई कर्मचारी पुलिस कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बैंक के कर्मचारी वैसे ही मीडिया के कर्मी जो हैं वो भी एक तरहसे फ्रंट लाइन काम करते हैं क्योंकि लोगों तक खबर पहुंचाना उनका काम है उसके लिएजगह जगह जाते हैं आप अपना ख्याल करिए श्री जावडेकर ने कहा कि मास्क पहनना आवश्यक है उन्होंने कहा कि मास्क को कोई भी दो मिनट में बना सकता है उन्होंने ट्विटर पर मास्क बनाते हुए एक वीडियो भी साझा किया है केन्द्र सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत लोगों को अनाज रसोई गैस और नकद सहायता मिल रही है हमारे संवाददाताओं ने कुछ लाभार्थियों से बातचीत की

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने यह जानकारी दी पहले इस ट्रेन का परिचालन पन्द्रह अप्रैल तक ही निर्धारित था

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके बताये गये रास्ते पर चलने की लोगों से अपील की है जहानाबाद जिले के कुरथा प्रखंड के शाहोपुर गांव में एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण एक तीन वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक कुणाल भारती को सेवा से बर्खास्त कर दिया है

मिथिलांचल में आज जूड़ शीतल पर्व पारम्परिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है गर्मी की शुरूआत होने पर मनाया जाना वाला यह पर्व लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ने का संदेश देता है लोग सुबह सुबह उठकर पेड़ पौधों को पानी देते हैं

इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा लॉक डाउन का सख्ती से पालन करवाये जाने के लिए उठाये गये कदमों से जुड़ी खबरें राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है

लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा करने की संभावना

सत्ताईस हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने की दी गयी अनुमति

वाहन चालकों के लिए मास्क किया गया अनिवार्य